इसके अलावा उन्होंने कोसली विधानसभा क्षेत्र में पांच करोड़ बीस लाख हजार रूपये की लागत से बनने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने फॉर्मास्य्टिकल उदयोग से देश में जेनरिक दवाओं की अंतर्राष्टीय राजधानी बनाने को कहा है आज नोएडा में आज भारतीय फॉर्मास्युटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हए श्री नायड् ने कहा कि य्वा शोधकर्ताओं में भारतीय चिकित्सा पदवितयों के मानकीकरण की ओर काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि वैश्विक सथापित मानकों के आधार पर परम्परागत दवाओं के प्रभाव वैद्यता और क्षमता स्थापित करनी चाहिए उप राष्ट्रपति ने शोध और नवाचार पर जोर देने को भी कहा श्री नायड् ने कहा कि प्रतिदिन स्वासथ्य सम्बधी नई च्नौतियां सामने आ रही है जिसमें कैंसर गैर संचारी व जीवन शैली से सम्बधी रोगों की अधिकता है हरियाणा सरकार ने राज्य में असंगठित कर्मकारों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है ये निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया राज्य सामाजिक स्रक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए उपय्क्त योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करेगा राज्य सरकार दवारा प्रशासित असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के निगरानी करेगा जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को पंजीकरण एवं कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा करेगा विभिन्न योजनाओं के तहत धन के व्यय की समीक्षा करेगा और समय समय पर सरकार दवारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी प्रे करेगा

सत्र के कार्यकाल और कार्यो के बारे में अंतिम फैसला विधानसभा की सलाहकार कमेटी लेगी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट में ट्रसरी केयर कैंसर सेंटर के निर्माण के लिए अधिकारियों को शीघ्र औपचारिकतायें प्री करने के निर्देश दिए जाकि क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिल सकें स्वास्थ्य मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि इस सेंटर के बनने से उत्तर हरियाणा के सभी जिलों के मरीज़ो को लाभ होगा इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के मरीजों के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान पहले ही बाढ़सा झज्जर में बनाया गया है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन क्मार की आत्मसमर्पण करेन के समय को बढ़ा कर तीन जनवरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है

जिसके बाद सज्जन कुमार ने समयवधि बढ़ाने सम्बधि याचिका दायर की थी

संशोधन के तहत संबंधित क्षेत्रों के प्रभावी प्रशासन के लिए राज्य सरकार अब पिछली जनगणना की बजाय मौजूदा जनगणना को ध्यान में रख कर कार्य कर सकती है क्योंकि गत और वर्तमान जनगणना के बीच की अंतराल अवधि के दौरान क्षेत्र की आबादी में समकालीक वृद्धि हुई है

शहरी स्थानीय निकाय तथा महिला एंव बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा है कि हिन्द्रस्तान को सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है ऐसे में भारत का भविष्य उज्जवल है जिसकी कमान य्वा शक्ति के हाथों में रहेगी इसलिए केन्द्र तथा प्रदेश सरकार य्वाओं के लिये बेहतरीन कल्याणकारी योजनांए बना रही है श्रीमती जैन आज सोनीपत में आयोजित लोन मेले का श्भारंभ करते हये युवाओं को सम्बोधित कर रही थी उपस्थित य्वा शक्ति को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हए मंत्री ने कहा कि हिन्द्रस्तान एक विकासशील देश है जिससे विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना है

श्रीमती जैन ने कहा कि य्वाओं को स्वरोज़गार की ओर तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए इसके लिये प्रदेशा सरकार ने पहल करते हए पलवल में कौशल विश्वविदयालय की स्थापना की है स्वरोज़गार के लिए सरकार ने बेहतरीन ऋण योजनायें लागू की है जिसकी सहायता य्वा य्वतियां मजबूती के साथ अपने पैरो पर खड़े हो सकते है

पंचकूला के उपायुक्त मुकूल कुमार ने अस्थाई नम्बर वाले वाहनों के मालिकों को हिदायत जारी करते हये कहा कि वे तीस दिन के बाद अपने वाहनों का पंजीकरण अवश्य करवाएं अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ सतीश अग्रवाल ने नगर सचिवालय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित निश्ल्क चिकित्सा जांच शिविर का उद्घाटन किया

बैंक के उप प्रबन्धक श्री जगदीश जिंदल ने बताया कि इस चिकित्सा शिविर का आयोजन सचिवालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए किया गया है ताकि उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए दूर न जाना पड़े